संसद के बजट सत्र के पहले दिन दोनों सदनों की संयुक्त बैठक को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि हमारा संविधान जनता को अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार प्रदान करने के साथ साथ हमें यह भी सिखाता है कि हर नागरिक को कायदे कानूनों का गंभीरता से पालन करना चाहिए राष्ट्रपति ने कहा कि संसद के पिछले सत्र में पारित कृषि संबंधी तीनों कानूनों का उद्देश्य देश के किसानों को और अधिकार तथा शक्तियां हासिल करने में मदद करना है

उधरसंसद में बजट सत्र की शुरूआत से पहले संवाददाताओं से बातचीत में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने कहा है कि यह दशक भारत के उज्ज्वल भविष्य के लिए बड़ा महत्वपूर्ण है और इसका प्रा प्रा उपयोग करते हुए दशक के दौरान राषद्व से संबंधित तमाम मुददों पर चर्चा होनी चाहिए वहीं नये कृषि कान्नों के विरोध में कांग्रेस वामपंथी दलों राष्ट्रीय जनता दल डीएमके तृणमूल कांग्रेस शिव सेना समाजवादी पार्टी और कुछ अन्य पार्टियों ने राष्ट्रपति के अभिभाषण का बहिष्कार किया

विभाग दवारा तैयार किये गये नये प्रस्ताव के अंतर्गत कांस्टेबल से लेकर टीआई स्तर तक के अधिकारियों को उच्च पद का प्रभार सौंपा जायेगा डॉ मिश्रा ने कहा कि इससे एक ओर जहाँ प्लिस विभाग के अधिकारी कर्मचारियों का मनोबल बढ़ेगा वहीं दूसरी ओर सरकार पर किसी प्रकार का वित्तीय भार भी नहीं आयेगा

राजधानी भोपाल में भी श्क्रवार स्बह घना कोहरा छाया रहा हवा चलने से ठिठ्रन महसूस ह्ई मौसम विज्ञानियों के मुताबिक अभी दो दिन तक ठंड के तेवर इसी तरह तीखे बने रहेंगे इसके बाद तापमान में बढ़ोतरी होने की संभावना है दमोह इंदौर खजराहो सतना एवं राजगढ़ में कोल्ड डे रहा